मुख्यमंत्री ने कल शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित करते हुए ये बात कही

उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड देखभाल केंद्रों में मरीजों को रखने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं और प्रदेश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है

बधाई मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर ने नई प्रत्यक्ष कर सुधार पहल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक परिवर्तन न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएंगे और जटिलता को दूर करेंगे बल्कि कराधान को निर्बाध और सामान्य भी बनाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि यह न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के लाभ के उद्देश्य की ओर एक बड़ा कदम है जय राम ठाकूर ने कहा कि पिछले छह वर्षो के दौरान भारत ने कर प्रशासन में शासन का एक नया मॉडल विकसित किया है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

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है कोरोना से फिर बाल बाल बचे मुख्यमंत्री

दैनिक भास्कर और हिमाचल दस्तक की लगभग एक जैसी सुर्खी है मेजर जनरल अतुल कौशिक निजि स्कूल नियामक आयोग के नए अध्यक्ष आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से खबर दी है प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रही सरकार अमर उजाला की एक खबर है चीन से सटे किन्नौर के छितकुल से गंगोत्री तक बनेगी सडक